श्री योगी ने कहा कि आज पुलिस के भय से प्रदेश से आपराधिक तत्व पलायन कर रहे हैं मुख्यमंत्री कल शामली में दो सौ नबे करोड़ रूपये की लागत के अट्ठारह विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि परिचमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को और सुदुढ़ बनाने के लिए कांधला और कैराना के बीच एक पीएसी कैंप बनाया जाएगा श्री योगी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दारत नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी तत्वों से करने की नीति अपनायी है और यह आगे भी जारी रहेगी इस अवसर पर श्री योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना कन्या सुमंगला योजना आयुष्मान भारत समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लामार्थियों को प्रमाण पत्र और धनराशि के चेक भी वितरित किए उन्होंने कहा कि सरकार बिना मेदभाव हर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है उच्चतम न्यायालय ने निर्मया मामले में मौत की सजा पाए चार में से एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका आज खारिज कर दी न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हए कल होने वाली सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया याचिका में पवन कुमार ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने और निचली अदालत द्वारा फांसी की सजा देने पर रोक लगाने की मांग की थी इससे पहले सत्रह फरवरी को निचली अदालत ने नया वारंट जारी कर तीन मार्च को सवेरे छह बजे चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह पवन कुमार गुप्ता विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने को कहा था इस बीच पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलकर नई दिल्ली में स्वास्थ्य कल्याण और पोषाहार शिविर आयोजित कर रहे हैं सप्ताह भर के शिविर में विभिन्न मंत्रालयों की महिला कर्मचारियों की मधुमेह उच्च रक्तचाप खून की कमी और अन्य समस्याओं की जांच की जायेगी

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि छह करोड़ चौदह लाख से ज्यादा महिलाएं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के ईलाज के लिए स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में गई और लगभग सत्तर महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच कराई जिससे पता चलता है कि महिलाओ में व्यक्गित चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के अगले सप्ताह होने वाले गुर्दे के ऑपरेशन के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि ओली के योगदान से भारत नेपाल संबंध नई ऊंचाईयों पर पहुंचेंगे उच्चतम न्यायालय ने व्यक्स्था दी है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधान समाप्त करने के केन्द्र के पिछले वर्ष पांच अगस्त के फैसले की संवैधानिक बैघता को चुनौती देने वाली यायिकाएं सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने का कोई कारण नहीं है न्यायमूर्ति एन वी रमणा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने यह व्यवस्था दी मिर्जापुर जनपद में सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष दो के चतुर्थ चरण की शुरूआत हो गयी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ओपी तिवारी ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरूसण्डी में इस अभियान का शुभारम्भ किया सोलह मार्च तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जिले में दो सौ चौतीस टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयपुर गुरूसण्डी और हलिया में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा जनपद बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरिप्रताप शाही ने आज सघन मिशन इंद्रघनुष दो के चौथे एवं अंतिम चरण का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने दो साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित लोगों को नियमित टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लंदशहर किधान सभा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरेंद्र सिंह सिरोही एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि श्री सिरोही के निधन से जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी और पार्टी ने एक समर्पित नेता खो दिया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है श्री सिरोही का आज तड़के दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया